यह हर जगह सुलभ रहने के साथ ऑनलाइन और परीक्षा वारियर्स मॉड्यूल नमो ऐप पर भी उपलब्ध है प्रधानमंत्री ने ट्वीट में कहा कि पुस्तक के नए संस्करण को विद्यार्थियों अभिभावकों और शिक्षकों से मिली मूल्यवान जानकारी के साथ समृद्ध किया गया है उन्होंने कहा कि यह प्रस्तक परीक्षा से पहले तनाव मुक्त रहने के लिए प्रेरित करेगी और इससे विद्यार्थियों तथा अभिभावकों के बीच संवाद बढ़ेगा मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर आज से कांगड़ा जिले के दो दिवसीय दौरे पर रहेंगे

मुख्यमंत्री आज दोपहर बाद धर्मशाला में पत्रकारों से भी बातचीत करेंगे

इस बार नगर निगम च्रनाव पार्टी चिन्ह पर करवाए जा रहे हैं ऐसे में भाजपा व कांग्रेस दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दलों के कई बड़े नेता प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं

जल जीवन मिशन जल जीवन मिशन के तहत चार करोड़ से अधिक ग्रामीण घरों में नल का पानी पहुंचाकर एक नई उपलब्धि हासिल की गई है

सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के अथक प्रयासों से जल जीवन मिशन के तहत ग्रामीण घरों में नल से पानी पहुंचाने का काम जारी है हिमाचल कोरोना प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार वृद्धि जारी है

अमरनाथ यात्रा बालटाल और चंदनबाड़ी के रास्ते श्री अमरनाथ जी की वार्षिक यात्रा के लिए पंजीकरण देश की निर्धारित बैंक शाखाओं में पहली अप्रैल से शुरू होगा पंजीकरण संबंधी दिशा निर्देश भी श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट श्री अमरनाथजी श्राइन डॉट कॉम पर उपलब्ध हैं